जैसे जैसे मतदान का दिन समीप आ रहा है चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक विभिन्न हिस्सों में अनेक रैलियां कर रहे हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका वाड्रा आज मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी आश्रय शर्मा के पक्ष में सुंदरनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी इससे पहले सुरक्षा कारणों को देखते हुए प्रियकां वाड़ा का ठियोग दौरा रद्द करना पड़ा है इधर शिमला के ठियोग में भी आज जिला स्तरीय रैली होगी जिसमें कांग्रेस नेता राजब्बर मौजूद रहेंगे दोनों जनसभाओं में वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर भी मौजूद रहेंगे इधर वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज ऊना जिले के बनेरा अम्ब बसाल घालुवाल और सनौली बाजरा में चुनाव प्रचार करेंगें इसी तरह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाक्र नयना देवी निर्वाचन क्षेत्र कांगड़ा से किशन कपूर इन्दौरा और मंडी से रामस्वरूप शर्मा सरकाघाट निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जनसम्पर्क अभियानों में हिस्सा लेंगे इसी तरह शिमला से पार्टी उम्मीवार सुरेश कश्यप अपने संसदीय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर प्रचार अभियान चलाएंगे